देशभर में कोविड मरीजों की संख्या में गिरावट स्वस्थ होने की दर तिरासी दशमलव श्रृन्य चार प्रतिशत पहंची झारखंड में दर अस्सी दशमलव दो पांच प्रतिशत मुख्यमंत्री ने उतरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना से निपटने के लिए कार्ययोजना की समीक्षा की तैयारियों की दी जानकारी और केन्द्र सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोरमाइकॉसिस बीमारी का उपचार करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी दवा की बढ़ायी उपलब्धता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 श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें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

राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड उपचारों की दर तय कर दी है तय दरों से ज्यादा रकम लेने पर निजी अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी राज्य सरकार की ओर से निर्धारित दरों के अनुसार रांची पूर्वी सिंहभूम धनबाद और बोकारो के निजी अस्पताल जो एनएबीएच की श्रेणी में आते हैं वे ऑक्सीजन युक्त बेड के लिए आठ हजार बिना वेंटीलेटर के आईसीयू के लिए दस हजार और वेंटीलेटर युक्त आईसीयू के लिए अधिकतम बारह हजार रूपये तक ले सकते हैं वहीं बिना एनएबीएच श्रेणी वाले अस्पताल ऑक्सीजनय्क्त बेड के लिए अधिकतम साढ़े सात हजार बिना वेंटीलेटर के आईसीय के लिए नौ हजार और वेंटीलेटरयुक्त आईसीय के लिए ग्यारह हजार पांच सौ रूपये ले सकते हैं वहीं हजारीबाग पलाम देवघर सरायकेला खरसावा रामगढ़ और गिरिडीह जिले के अस्पतालों के लिए एनएबीएच श्रेणी के लिए ऑक्सीजनयुक्त बेड पर सात हजार बिना वेंटीलेटर के आईसीयू पर साढ़े आठ हजार और वेंटीलेटरयूक्त आईसीयू के लिए ग्यारह हजार रूपये जबकि बिना एनएबीएच श्रेणी वालों के लिए ऑक्सीजनयुक्त बेड पर साढ़े हजार बिना वेंटीलेटर के आईसीयू पर आठ हजार और वेंटीलेटरयुक्त आईसीयू के लिए दस हजार पांच सौ रूपये की दर निर्धारित की गयी है वहीं अन्य जिलों के अस्पतालों के लिए एनएबीएच श्रेणी में ऑक्सीजनयुक्त बेड के लिए छह हजार बिना वेंटीलेटर के आईसीयू के लिए आठ हजार और वेंटीलेटरयुक्त आईसीयू के लिए दस हजार पांच सौ रूपये जबकि बिना एनएबीएच श्रेणी में ऑक्सीजनयुक्त बेड के पांच हजार बिना वेंटीलेटर के आईसीयू के लिए साढ़े सात हजार और वेंटीलेटरयुक्त आईसीयू के लिए नौ हजार रूपये की दर निर्धारित की गयी हैं

कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण तेजी पकड रहा है और लोग उत्साह के साथ टीका लगवाने आ रहे हैं पीएम केयर्स कोष से ऑक्सीटकेयर सिस्टम की एक लाख पचास हजार इकाइयों की खरीद की मंजूरी दी गई है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इन्हें विकसित किया है

ऑक्सीकेयर एसपीओ ट् आधारित ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली है जो रोगियों को दी जा रही ऑक्सीजन को नियंत्रित रखती है इसके तहत एक लाख मैनुअल और पचास हजार ऑटोमेटिक ऑक्सीकेयर सिस्टम के साथ नॉन रिब्रीदर मास्क भी खरीदे जा रहे हैं लातेहार जिले में कोरोना मरीजों की पहचान को लेकर शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की जांच की जा रही है

लेकिन कई राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में अब भी ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं

पिछले कई दिनों से हर रोज तीन लाख से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो रहे हैं

कल चार हजार दो सौ पांच लोगों की मौत हुई

इधर झारखंड में हर दिन कोरोना से स्वस्थ होनेवालों की संख्या बढ़ रही है और वर्तमान में स्वस्थ होने की दर बढ़कर अस्सी दशमलव दो पांच प्रतिशत पहुंच गई है कल सात हजार पांच सौ इकतीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गयी वहीं दूसरी ओर चार हजार तीन सौ पैंसठ नये कोरोना संकमित राज्यभर में मिले हैं जबकि एक सौ तीन लोगों की कोरोना से मौत हो गयी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उतरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना से निपटने और तीसरी लहर से बचाव के लिए कार्य योजना को लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने पर जोर दिया श्री सोरेन ने बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में ग्रामीणों के स्वास्थ्य और कोरोना जांच को लेकर जागरूकता फैलाएं मुख्यमंत्री ने कोविड से उपचार के लिए राज्य में की जा रही तैयारियों की भी जानकारी दी

पच्चीस बेड के इस डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के खुल जाने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी

इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे ने कहा कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलिंडर महिला वार्ड सहित कोविड के इलाज की सभी सुविधायें मौजूद हैं

भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर निदान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है मुंबई स्थित एपिजेनेरेस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी सिंगापुर की टजार लैब्स ने एक नॉन इनवेसिव परीक्षण तैयार किया है इस जांच से ट्यूमर की कोशिकाओं के बनने और संबंधित लक्षणों के दिखाई देने के एक साल पहले भी शरीर में कैंसर की सटीक उपस्थिति का पता लगाया जा सकेगा इस तकनीक को एचआरसी जांच के रूप में जाना जाता है और यह कैंसर के शीघ्र निदान तथा उपचार में मदद करेगी यह जांच कैंसर रोगियों को उपचार के भारी वित्तीय बोझ से भी बचाएगी आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एपिजेनेरेस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर निदेशक श्री आशीष त्रिपाठी ने कहा कि इसकी विशेषता यह है कि साधारण रक्त परीक्षण के जरिये यह जांच की जा सकती है देवघर जिले की पुलिस ने आज दस साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे केन्द्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का मुकाबला करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी दवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाए किए हैं कोविड से ठीक होने के बाद कई लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के लक्षण दिखते हैं इस बीमारी से निपटने के लिए एम्फोटेरिसिन बी की मांग भी हाल ही में काफी बढ़ी है केंद्र सरकार ने इस दवा के उत्पादकों से उत्पादन बढ़ाने को कहा है इस दवा के अतिरिक्त आयात और देश में इसके उत्पादन में वृद्धि से इसकी आपूर्ति में सुधार आने की संभावना है विदेशों से प्राप्त होने वाली इस दवा का केंद्रीय औषध विभाग ने राज्यों को आवंटन किया है राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी और निजी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य देखभाल एजेंसियों के बीच इस दवा का समुचित बंटवारा करें संक्षिप्त खबरें पाकड़ जिले में अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार ने छापेमारी कर दो कपड़ा द्कानों को आज सील कर दिया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कपड़ा दुकान खोलने की अनुमति नहीं है इसके बावजूद दुकानदार कपड़े की बिक्री कर रहे थे

लोहरदगा जिला परिषद कॉम्पलेक्स में डीडीसी अखौरी शशांक के द्वारा पलाश मार्ट द्वकान का उदघाटन किया गया झारखंड सरकार द्वारा लांच किये गये पलाश ब्रांड के उत्पाद यहां उपलब्ध होंगे जिसका निर्माण राज्य की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है विश्व नर्स दिवस के मौके पर आज रामगढ़ में भारतीय मजदूर संघ द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा करनेवाली नर्सों को सम्मानित किया गया गढ़वा पुलिस ने अंतर्राज्जीय बस पड़ाव पर तीस अप्रैल को दो बस एजेंटों की हत्या मामले में ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया है

मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट में कहीं भी भारतीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इससे पहले मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कोरोना वायरस की इस किस्म को भारतीय किस्म बताया है